आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया

रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए

वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ा धीमी जरूर हुई है मगर इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता जैव विविधता करीब से देखने का अवसर भी मिला है मेरे प्यारे देशवासियों स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृत के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने लोगों सरकारों और अन्य सभी पक्षों से प्रकृति के संरक्षण और समस्याओं का सतत समाधान तलाशने के प्रयास तेज करने का आह्वान किया है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व् पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का श्रभारंभ किया विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जव विविधता के आठ प्रतिशत हिस्सें को अपने यहां संरक्षित करने में सफल रहा है

ईश्वर के नाम से एक वन होता है जिसमें न कटाई होती है न चराई होती है

उन्होंने सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र के दिशा निर्देशों के क्रम में धर्मस्थलों को खोलने से पूर्व प्रशासन और पुलिस की ओर से धर्मस्थलों के प्रबन्धन से जुड़े लोगों से संवाद बनाते हुए उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने को कहा जाये उन्होंने कहा कि प्रत्येक धर्मस्थल पर सेनिटाइजर इंफ्रारेड थमामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था रहनी चाहिए यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्मस्थल के अन्दर एक बार में पांच से अधिक श्रद्वालु न हों धर्मस्थल में प्रतिमा अथवा धार्मिक ग्रन्थों को कोई भी स्पर्श न करे धर्म स्थलों के परिसर में श्रद्धालु जूता चप्पल पहनकर न जाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमितों को समय पर समुचित उपचार उपलब्ध कराना आवश्यक है उन्होंन समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों से प्रतिदिन सीधे संवाद कर कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये मुख्य सचिव को निर्देशित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर चिकित्सा व्यवस्था जागरूकता तथा सर्विलांस द्वारा प्रदेश सरकार को संचारी रोग से होने वाली मृत्यु की दर में उल्लेखनीय गिरावट लाने में सफलता मिली है

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाये

मुख्यमंत्री ने कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल तैयार करने और रेहड़ी खोमचे वालों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने की व्यवस्था करने को कहा उन्होंने आम के निर्यात के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने और गोवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में विकास की नई ऊँचाईयां प्राप्त की हैं प्रधानमत्री ने उनके लम्बे और स्वस्थ जीवन की कामना की है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों होटलों रेस्तरा शापिंग मॉल आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है

सभी होटल शापिंग मॉल रेस्तरा धार्मिक स्थलों कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था हो परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना को लक्षण नहीं दिखाई दंगे सभी जगहों पर थ्रकना सख्त वर्जित होगा रेस्टोंरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना ले कर जाने की व्यवस्था का बढ़ावा दिया जाएगा

यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है

यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी

आकाशवाणी से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार पहले ही सतर्क है और राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की निगरानी कर रही है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आकाशवाणी से बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें ये अंदाजा था कि प्रवासी मजदूरो की वापसी के साथ ही संक्रमित मामले भी आ सकते हैं और हमने इस हालात के लिए पहले से तैयारी कर ली थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वायरस की जल्द पहचान के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की एक लाख से ज्यादा टीमें स्क्रीनिंग के काम में लगी हुई हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में डाक कर्मी भी इस समय कोरोना योद्धा के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कौशलेन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग ने लगातार जीवन रक्षक दवाओं पीपीई किट और वेंटीलेटर सहित विभिन्न चिकित्सा उपकरणों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया उन्होंने बताया कि काम के दौरान डाक कर्मी सोशल डिस्टंसिंग का भी पूरी तरह पालन कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले में आज सुबह ग्राम वाजिदपुर के पास लखनऊ प्रयागराज हाइवे पर दो वाहनों की आमने सामने से हुई टक्कर में नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी तथा एक व्यक्ति घायल हो गया मृतकों में दो बच्चे तथा तीन महिलाएं शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतृप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने घायल व्यक्ति का समुचित उपचार कराने का निर्देश दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्च्रअल वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की

समाप्त